पर्चा वापस लेने की अंतिम तिथि आठ अप्रैल

मैट्रिक का रिजल्ट आज दोपहर बाद जारी होगा

तीसरे चरण में तेईस अप्रैल को हो रहे चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच के बाद सत्तासी उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाये गये जांच के दौरान झंझारपुर में सत्रह सुपौल में इक्कीस खगड़िया में बीस अररिया में चौदह और मधेप्रा में पंद्रह उम्मीदवारों का पर्चा सही पाया गया है जबकि अठाईस उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द किये गये नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि आठ अप्रैल है इधर चौथे चरण के लिये नामांकन में तेजी आयी है राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने कहा कि चौथे चरण में पांच सीटों पर उनतीस अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए शुक्रवार को कुल सात उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया पर्चा दाखिल करने वालों में दरभंगा से भाजपा के गोपाल जी ठाकुर समेत तीन मुंगेर से कांग्रेस की एकमात्र नीलम देवी तथा उजियारपुर से दो और बेगूसराय से एक उम्मीदवार शामिल हैं निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चूनाव प्रचार में रक्षा बलों की गतिविधियों के उल्लेख के खिलाफ फिर आगाह किया है आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के प्रमूखों को लोकसभा चूनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन संबंधी परामर्श जारी किया है आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रचार जाति और सांप्रदायिक भावना के आधार पर नहीं होना चाहिए मतभेद या नफरत को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों से बचना चाहिए परामर्श में निर्वाचन आयोग ने कहा कि भाषणों या पोस्टरों में मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरूद्वारा और किसी भी उपासना स्थल का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं होना चाहिए केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन को महामिलावटी बताते हुये इसे पूरे देश के लिये हानिकारक बताया है पटना में उन्होंने कहा कि जिस तरह मिलावटी सामान स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होता है उसी तरह भारत के स्वास्थ्य के लिये महामिलावटी गठबंधन घातक है श्री प्रसाद ने कहा कि महागठबंधन के सभी दल सत्ता के लिये एकजुट हुये हैं जनता को इससे सचेत रहना चाहिये लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है सभी प्रमुख पार्टियों के नेता अपने अपेन उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और जनता से समर्थन मांग रहे हैं इस दौरान रोड शो का भी आयोजन किया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रजौली शेरघाटी और इमामगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हये कहा कि न्याय के साथ विकास उनकी प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार विकास के लिये प्रतिबद्ध है लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार सबका का साथ सबका विकास में विश्वास करती है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दरभंगा में कहा कि केंद्र में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी उधर राजद के नेता तेजस्वी यादव ने नवादा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुये कहा कि हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने पटना साहिब लोकसभा के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन कार्यों की तैयारियों की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने सभी एसडीओ और डीएसपी को शस्त्र अधिनियम के तहत शस्त्र लाइसेंस धारियों के सत्यापन और एक एक कारतूस का हिसाब रखने का निर्देश दिया है उन्होंने अधिकारियों को पंद्रह अप्रैल तक निर्वाचन की तैयारियों से संबंधित सभी कार्य पूरा करने को कहा है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा दो हजार अठारह का अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है आईआईटी मुम्बई के छात्र कनिष्क कटारिया ने टॉप किये है जबकि लड़कियों में सृष्टि जयंत देशमुख अव्वल आई हैं इस परीक्षा में बिहार के चालीस से अधिक छात्रों ने सफलता हासिल की है पटना की सलोनी खेमका सत्ताईसवें रैंक पर हैं तो पूर्णिया के समीर सौरभ का बत्तीसवां रैंक है पटना के ही ऋषभ मंडल ने अंठावनवां रैंक हासिल किया है इसके अलावा जमुई के सुमीत कुमार नालंदा के सौरभ सुमन भागलपुर के इंद्र बदन झा मुजफ्फरपुर के रौशन कुमार मध्बनी के नित्यानंद झा और पूर्वी चंपारण के गौहर हसन ने भी इस प्रतिष्ठापूर्ण परीक्षा में सफलता हासिल की है गर्म और शुष्क हवा के साथ समुद्री आर्द्र हवा के प्रभाव से आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में चालीस किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से आंधी चलने की आशंका है राजधानी पटना समेत प्रदेशभर में कई स्थानों पर इस दौरान बारिश होने की भी संभावना है मौसम विभाग ने इस संकेत के मद्देनजर अलर्ट जारी कर दिया है विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश की ओर से आने वाली तेज हवा काल बैशाखी का प्रभाव कल तक रहेगा पटना गया औरंगाबाद सासाराम बक्सर जमुई और आसपास के क्षेत्रों में आंधी का ज्यादा असर हो सकता है मैट्रिक का रिजल्ट आज जारी किया जायेगा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर संयुक्त रूप से मैट्रिक का परीक्षा परिणाम दोपहर साढ़े बारह बजे जारी करेंगे मैट्रिक की परीक्षा इक्कीस से अठाईस फरवरी के बीच हुयी थी परीक्षा में सोलह लाख साठ हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुये थे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने परिणाम जारी करने के लिये सभी औपचारिकतायें पूरी कर ली हैं पहली बार अप्रैल महीने में मैट्रिक का परीक्षा परिणाम जारी किया जा रहा है रिजल्ट बोर्ड की वेबसाईट बिहार बोर्ड ऑनलाईन डॉट बिहार डॉट जीओवी डॉट इन पर उपलब्ध रहेगा राज्यभर में आज भारतीय विक्रमीय नव संवत्सर दो हजार छिहत्तर की शुरूआत और चैत्री वासंती नवरात्र का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है राज्यपाल लालजी टंडन ने इस मौके पर अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि नव वर्ष और चैत्री नवरात्र सबके लिए सुख समृद्धि और आनन्द दायी हों कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर रामचंद्र झा को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उन्हें यह सम्मान संस्कृत भाषा में उत्कृष्ट कार्यों के लिये दिया गया है राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने डॉक्टर झा को राष्ट्रपति प्रस्कार प्रदान कर सम्मानित किया भुवनेश्वर में खेली जा रही महिला अंडर ट्वेंटी थ्री क्रिकेट टूर्नामेंट के एक मुकाबले में बिहार ने मिजोरम को एक सौ बावन रनों से हरा दिया बिहार की ओर से सना अली ने एक सौ अठारह रन और आराध्या राज ने पचहत्तर रनों की शानदार पारी खेली मधुबनी के राजनगर में आयोजित हेमन ट्रॉफी अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता में दरभंगा ने मधुबनी को तीन विकेट से पराजित कर दिया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विशेष साक्षात्कार को अपनी सुर्खी बनाया है अखबार ने प्रधानमंत्री के बयान को शीर्षक बनाते हुये लिखा है यह कहना गलत है कि नौकरियां कम हुईं विकास के साथ रोजगार भी बढ़ा इसी अखबार ने बेगूसराय में हुये सड़क हादसे का शीर्षक लगाया है ट्रक ने दस को रौंदा सात की मौत दैनिक जागरण ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम जारी करने की खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है यूपीएससी में बिहार का परचम पटना की सलोनी को सत्ताईसवां रैंक दैनिक भास्कर ने लोकपाल से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है लोकपाल बोले न दफ्तर मिला न पूरा स्टाफ पांच सितारा होटल के बारह कमरों में चल रहा है काम प्रभात खबर की सुर्खी है मैट्रिक का आज आयेगा रिजल्ट

पर्चा वापस लेने की अंतिम तिथि आठ अप्रैल

मैट्रिक का रिजल्ट आज दोपहर बाद जारी होगा